मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के दिए निर्देश राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए आज मुंबई में रोड़ शो का आयोजन किया गया

केंद्र सरकार साढ़े छह सौ स्थानों पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरूआत करेगी भुस्खलन टिहरी जिले के बालगंगा तहसील के कोट गांव में आज सुबह भूस्खलन की चपेट में आने से सात लोगों की मृत्यु हो गई है मरने वालों में तीन नाबालिग भी हैं हादसे में एक बच्ची घायल भी हुई है घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य चलाया कल रात तेज बारिश होने के बाद आज सुबह पहाड़ी से हुए भूस्खलन का मलबा तीन मकानों पर गिरने से यह हादसा हुआ मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है उन्होंने जिला प्रशासन को तेजी के साथ राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने घायलों के लिए उचित इलाज की व्यवस्था और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने को कहा है इस बीच जिलाधिकारी सोनिका ने घटना स्थल पर जाकर राहत और बचाव कार्यो का जायजा लिया मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से रूक रूककर मध्यम से तेज बारिश हो रही है बारिश और भूस्खलन के कारण यातायात भी प्रभावित हो रहा है

इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी वर्षा का दौर जारी रह सकता है

मौसम विभाग ने पहली और दूसरी सितंबर को नैनीताल चम्पावत उधमसिंह नगर चमोली रूद्रप्रयाग पौड़ी और देहरादून में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने को कहा गया है और आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं निवेशक सम्मेलन राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए आज मुंबई में एक रोड़ शो का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में आयोजित इस रोड शो में उद्यामियों को राज्य में निवेश के लिए मौजूद अनुकूल माहौल की जानकारी दी गई इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में निवेश की अपार संभावनाए हैं उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी उत्तराखण्ड निवेश के लिए एक बेहतरीन स्थान है श्री रावत ने ख्शी जाहिर की कि आगामी सात और आठ अक्टूबर को राज्य में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन में महाराष्ट्र के व्यवसायी और फिल्म जगत के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सहयोग कर रहे हैं इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह प्रमुख उद्योग सचिव मनीषा पंवार और पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर सहित राज्य सरकार के विभिन्न प्रतिनिधियों ने उद्यामियों को प्रदेश में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया

इस परियोजना से उत्तराखण्ड के द्रस्थ इलाके भी सड़क से जुड़ रहे हैं गांवों तक सड़क पहंचने के बाद लोगों को आवाजाही करने में दिक्कते नहीं होती और उनका समय भी बचता है पौड़ी जिले में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया जा रहा है

दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क सुविधा पहंचाकर इस योजना ने विकास की एक सफल कहानी लिखी है भिताई मल्ली के आशीष बलूनी बताते हैं कि गांवों तक सड़क पहुंचने के बाद ग्रामीण ग्रामीणों को काफी सहलियत मिली है

वहीं क्षेत्र की अनिता चौहान बताती हैं कि सड़क पहंचने से लोगों को आवाजाही में आसानी हुई है जहां पहले लोगों को कई किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ती थी वहीं अब सड़क बनने के बाद लोग आसानी से आवाजाही कर रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से राज्य के सूदूर ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़ रहे हैं जिससे राज्य विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छ्टमलपुर गणेशपुर और रुड़की छ्टमलपुर सहारनपुर यमुनानगर सेक्शन के फोर लेन बनाए जाने के प्रगति की जानकारी ली वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रो एक्टिव गवर्नेस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन यानि प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने लेन निर्माण के साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए

आयुष्मान भारत योजना के बारे में अपर मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य में स्टेट हेल्थ एजेंसी का गठन कर दिया गया है और मुख्य कार्यकारी की तैनाती कर दी गई है

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत प्रदेश में लगभग साढ़े पांच लाख परिवार चिन्हित किए गए हैं इन परिवारों को हर साल पांच लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा उपचार का लाभ दिया जाएगा

इन बैंको में विशेष रूप से बचत खाते चालू खाते मनी ट्रांसफर और कारोबारी भुगतान की सुविधाएं रहेंगी श्री सिन्हा ने बताया कि इस वर्ष दिसंबर तक ये बैंक भारतीय राष्ट्रीय भूगतान निगम और रिजर्व बैंक की मदद से ग्रामीण इलाकों में लोगों के घर तक बैंकिंग सुविधाए पहुचाएगे

सिटी बस अल्मोड़ा जिले में जल्द ही सिटी बसें चलाई जांएगी यहां बढ़ रहे यातायात दबाव और परिवहन में हो रही असुविधाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि यह सिटी बसे पूरे अल्मोड़ा शहर से होते हुए कटारमल कसारदेवी चितई आदि स्थानों तक जायेंगी उन्होंने कहा कि सिटी बस की सेवा शुरू होने के बाद शहर वासियों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और पर्यटकों को भी जिले में स्थित पर्यटन स्थलों तक आने जाने में आसानी होगी गौरतलब है कि शहर में सिटी बसों के संचालन के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाने का निर्णय लिया गया है जिलाधिकारी ने इन बसों का रूट प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को आवाजही में आसानी हो सके चयन नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने में महत्वूपर्ण योगदान देने के लिए देहरादून की डॉ सोना कौशल गुप्ता को प्रतिष्ठित डॉ बीसीराय पुरस्कार के लिए चुना गया है यह पुरस्कार देश का अति प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि मेडिकल काउंसिंल ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया जाता है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने डॉ सोना कौशल गुप्ता को डॉ बीसीराय पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि इस पुरस्कार के लिए डॉ सोना को चुना जाना निश्चित तौर पर उत्तराखण्ड के लिए गौरव की बात है